चार गंभीर रूप से घायल

मालदा टाऊन से नई दिल्ली जा रही फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में बिहार के पांच लोगों की मौत हो गयी और नौ अन्य घायल हो गये जिनमें चार की स्थिति गंभीर बतायी जाती है यह दुर्घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हरचंदपुर स्टेशन के पास आज सुबह लगभग छह बजे हुई सूत्रों ने बताया कि इंजन और सात डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण यह हादसा हुआ रेलवे की टीम और उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता हादसे की जांच कर रहा है मरने वालों में मुंगेर के चार और किशनगंज के एक व्यक्ति शामिल हैं उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि मृतकों में मुंगेर निवासी एक साल की एक बच्ची कुमारी रीता और एक महिला सुनीता शामिल हैं वहीं मुंगेर के ही सात वर्षीय दिनेश और पच्चीस वर्षीय शंभु जबकि किशनगंज के पैंतालीस वर्षीय अजय कुमार रेल हादसे का शिकार हो गये रेलवे ने मृतकों के निकटतम परिजनों को पांच पांच लाख रूपये और उत्तर प्रदेश सरकार ने दो दो लाख रूपये अनुग्रह राशि दिये जाने की घोषणा की है वहीं गंभीर रूप से घायलों को रेलवे एक लाख रूपये जबकि सामान्य रूप से घायल को पचास हजार रूपये देगा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घायलों को इलाज के लिये पचास पचास हजार रूपये दिये जाने की घोषणा की है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जतायी है मुख्यमंत्री ने मुतकों के निकटतम परिजनों को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये अनुग्रह राशि देने का अधिकारियों को निर्देश दिया है रेलवे ने दुर्घटना से संबंधित जानकारी के लिये हेल्पलाईन नम्बर जारी किया है लोग पटना में हेल्पलाईन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो शून्य दो दो नौ शून्य भागलपुर में शून्य छह चार एक दो चार दो दो चार तीन तीन और जमालपुर में शून्य छह तीन चार चार दो चार तीन एक शून्य एक पर फोन कर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के करीब बारह लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है इससे ग्यारह लाख इक्यानवे हजार रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जूड़ा बोनस दिया जायेगा इससे सरकार पर बीस अरब चौवालीस करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गैर राजपत्रित कर्मचारियों को अठहत्तर दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जायेगा और हर कर्मचारी को सत्रह हजार नौ सौ इक्यावन रूपये मिलेंगे पटना से गुवाहाटी के लिये आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गयी है निजी कंपनी स्पाईस जेट के पहले विमान ने सुबह सात बजकर चालीस मिनट पर गुवाहाटी से उड़ान भरी जो नौ बजकर पच्चीस मिनट पर पटना पहुंचा वहीं पटना से नौ बजकर पचपन मिनट पर गुवाहाटी के लिये विमान ने उड़ान भरी जो ग्यारह बजकर चालीस मिनट पर गुवाहाटी पहुंचा पटना से गुवाहाटी का आरंभिक किराया तीन हजार तीन सौ चौबीस रूपये है पटना से गुवाहाटी के लिये विमान सेवा शुरू हो जाने से पूर्वोत्तर राज्यों से बिहार का सीधा संपर्क हो गया है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुजरात में उत्तर भारतीयों के साथ हो रही मारपीट की घटनाओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है श्री पात्रा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के अल्पेश ठाकोर गुजरात में उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा को भड़का रहे हैं उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता और जनाधार के लिये अल्पेश ठाकोर क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अच्छा व्यवहार अपनाने का आहवान करते हुए कहा कि इस बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है सोशल मीडिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत के बारे में फेसबुक लाइव चर्चा में श्री राठौड़ ने कहा कि इस दिशा में माता पिता और अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं श्री राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से अपने मासिक प्रसारण मन की बात में जोर दिया है कि सोशल मीडिया का लोगों के फायदे के लिए जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र क्शवाहा ने कहा है कि समाज में व्याप्त असमानता को शिक्षा के बल पर ही समाप्त किया जा सकता है आज रोहतास के डेहरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक रूढ़ियों और भेदभाव को खत्म करने के लिये लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए चक्रवाती तूफान तितली का आंशिक असर दक्षिण बिहार के कुछ जिलों पर पड़ने की संभावना है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है कल सुबह इसके ओडीशा और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों से टकराने की संभावना है जिसके कारण दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है श्रद्दालु अपने घरों और मंदिरों में कलश स्थापन कर देवी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर लोगों को बधाई दी है अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन लोग मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं

राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्र पर लोगों को शुभकामना और बधाई दी है इधर प्रदेश में मुंगेर के मां चंडिका मंदिर गोपालगंज के थावे मंदिर कैमूर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर दरभंगा के श्यामाकाली मंदिर मधुबनी के उच्चैठ मंदिर और पटना के प्रसिद्ध पटनदेवी मंदिर सहित विभिन्न शक्तिपीठों में प्रजा अर्चना के लिये श्रद्दालुओं की भीड़ उमड़ रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने प्रदेश में स्वच्छ ईंधन से रसोई घरों की स्थिति पूरी तरह बदल दी है

इससे सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है

अरियरी प्रखंड के बेलछी गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की रसोईया मालती कुमारी ने बताया कि पहले तीन घंटे में खाना तैयार होता था अब यह काम एक घंटे में हो जाता है

आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार पटना उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की तलाश में पुलिस ने आज उनके अंगरक्षक से पूछताछ की पुलिस ने अंगरक्षक महेश रजक को तीन घंटे तक बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाने में बैठाकर पूर्व मंत्री के ठिकानों और उनके अंतिम बार देखे जाने के संबंध में जानकारी ली प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गयी जबकि छह अन्य घायल हो गये नवादा में चार बक्सर में दो और भागलपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड की टीम को पोषण माह में उत्कृष्ट कार्य के लिये राष्ट्रीय स्तर पर महिला और समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया आयकर विभाग की टीम ने किशनगंज के एक साईकिल व्यवसायी चंदन लुनिया के पास से करोड़ों रूपये अघोषित संपत्ति का खुलासा किया है वैशाली और मधुबनी जिले से एक सौ नब्बे कार्टन शराब बरामद की गयी है

चार गंभीर रूप से घायल